मास्क पहने दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाय और मुंह साफ रखें

आज भी चार स्थानों माउण्टआब्र फतेहपुर शेखावाटी जोवनेर और च्ररू में पारा जमावविन्द्र से नीचे दर्ज हुआ इस कारण सुबह के समय इन क्षेत्रो में खुले स्थानों पेड़पौधों और कारों पर बर्फ देखी गई

पिलानी और भीलवाड़ा में भी पारा जमाव विन्दु के आस पास रहा

तेज सर्दी के कारण लोगों की आवाजाही कम हो गई है वहीं शेखावादी इलाके में कोहरे का असर रहा

प्रतापगढ़ जिले में भी फसलो पर वर्फ जमने से किसानों को नुकसान की चिंता सताने लगी है वूंदी के भीमलत वन क्षेत्र में तेज ठंड से बचने के लिये पक्षी पेड़ों पर ध्रप सेकते नजर आये उबर जैसलमेर में तेज सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक नया साल मनाने के लिए पहुंच रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि जैसलमेर सम और आस पास के स्थानों पर पर्यटक कैमल सफारी और जीप सफारी का आनन्द लेते देखे जा सकेते है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इथेनहल का उत्पादन बढाने के लिए अनाज आदि से इथेनहल निकालने की क्षमता बढाने के लिए एक संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है

मंत्रालय द्वारा राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है भीड भाड़ के कारण कोराना संक्रमण फैल सकता है इसलिए सभी राज्य इस संवंध में कारगर कदम उठाएं

नागरिक उड्डन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस अवधि के बाद उड़ाने फिर शुरू होने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा इस वारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा शीघ्र की जाएगी

इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कूल संख्या एक करोड दो लाख से अधिक हो गई है

प्रदेश में जिला स्तर पर भी कोविड टीकाकरण की पूर्व तैयारियां चल रही है

उधर ब्रंदी में पहले चरण में जिला चिकित्सालय सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को टीकाकरण केन्द्र बनाया गया है वहीं कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज नगर परिषद करोली द्वारा रैली निकाली गई रैली के माध्यम से लोगो को मास्क लगाने घर में हीं रहने सोसियल डिस्टेंसिंग रखने और सरकार की गाइडलाईन की पालना करने का संदेश दिया गया केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्व जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार दुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है

चयनित संदेशों को आगामी बूलेटिनों में शामिल किया जाएगा

आज झुझुनू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वक्फ संपतियों पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि लाभार्थियो की सुविधा के लिए नियमों में छूट दी गई है

भाजपा के एक प्रतिनिधिमंण्डल ने आज जयपुर के गांधीनगर में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा सहयोगिनियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली इस प्रतिनिधिमंण्डल में पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर सांसद जसकौर मीणा तथा प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी शामिल रहे मुलाकात के बाद श्रीमती गुर्जर ने कहा कि कड़ाके की सर्दी में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों के लिए धरना दे रही आशा सहयोगिनी से सरकार ने अभी तक वार्ता की पहल नही की और ना ही उनकी मांगो को लेकर कोई उचित कदम उठाए हैं

गौरतलव है कि आशा सहयोगिनियां मानदेय में वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर धरना दे रही हैं जिसके बाद राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है

राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ए पुन्नुचामी ने आज टोंक में पुलिस लाइन की विभिन्न व्यवस्थाओ का जायजा लिया उन्होंने प्रलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए

घायलों को स्वरूपगंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया